और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से हो रही है शुरू

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार ने मध्यम वर्ग की बेहतरी की दिशा में कई प्रभावी कदम उठाये हैं अपने कई टवीट संदेशों में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत प्रतिभाशाली मध्यम वर्ग का देश है जो राष्ट्र की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान कर रहा है उन्होंने कहा कि सुविधाजनक कर प्रणाली से लेकर अच्छी स्वास्थ्य देखभाल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रणाली और जीवन को सुगम बनाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है

मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने स्पष्ट किया कि श्री कुमार के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई फिलहाल नहीं की जाएगी और न ही उन्हें गिरफ्तार किया जायेगा पीठ ने राजीव कुमार को नोटिस जारी कर बीस फरवरी से पहले जवाब देने को कहा है न्यायालय सीबीआई की उस याचिका पर सुनवाई कर रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि कोलकाता पुलिस आयुक्त शारदा घोटाले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं और उनकी अध्यक्षता में गठित एसआईटी ने सीबीआई को फर्जी दस्तावेज सौंपे हैं मामले की अगली सुनवाई बीस फरवरी को होगी वहीं न्यायालय ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव पुलिस महानिदेशक और पुलिस आयुक्त को सीबीआई की अवमानना याचिका पर अठारह फरवरी तक जवाब देने को कहा है केन्द्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उच्चतम न्यायालय के आदेश को सीबीआई की नैतिक जीत बताया है संसद से बाहर श्री प्रसाद ने कहा कि चिटफंड घोटाला मामलेकी निष्पक्ष जांच जारी रहेगी बाईट सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में देश केन्याय की जीत हुई है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर कड़े कदमों की जीत हुई है आज सुप्रीम कोर्ट के आदेश में स्पष्ट है कि उनके पुलिस कमिश्नर को अपेयर होना होगा सीबीआई के सामने और कोलकाता में नहीं शिलांग में अपेयर होना होगा ये बहुत ही ईमानदार जांच के लिए बहुत ही उचित आदेश मान्य न्यायालय का है अब इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को राजनीति के दबाव से मुक्त किया जाए पूर्व मध्य रेलवे के हाजीपुर बछवारा बरौनी खंड पर रेल परिचालन आज से शुरू हो गया है

इस बीच रेल बोर्ड के निर्देश पर इस घटना की जांच आज से शुरू हो गई है पूर्वी क्षेत्र के रेल संरक्षा आयुक्त लतीफ खानने घटना स्थल का दौरा कर इस संबंध में जानकारी प्राप्त की

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेद्र प्रधान ने कहा है कि उज्ज्वला योजना के कारण देश के नब्बे प्रतिशत से अधिक लोगों तक एलपीजी की पहुंच हो गई है नई दिल्ली में एशिया एलपीजी शिखर सम्मेलन का उदघाटन करते हुए श्री प्रधान ने कहा कि योजना के तहत पिछले महीने तक छह करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिये जा चुके हैं उन्होंने कहा कि अब आठ करोड़ एलपीजी कनेक्शन देने का नया लक्ष्य रखा गया है श्री प्रधान ने कहा कि उज्ज्वला योजना ने महिलाओं को बेहतर स्वास्थ्य और गरिमा प्रदान की है केंद्र सरकार की दीनदयाल अंत्योदय मिशन राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का लाभ समाज के सबसे कमजोर वर्गों तक पहुंचाने लिये देशभर में आज से शहरी समृद्धि उत्सव आरंभ हुआ केंद्रीय और शहरी कार्य मंत्रालय के आधिकारिक सुत्रों ने बताया कि उत्सव के तहत राज्यों द्वारा रोजगार मेलों और महिला उद्यमियों के निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए मेलों का आयोजन किया जा रहा है जो अगले दो सप्ताह तक जारी रहेगा इस दौरान लोगों को केन्द्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां भी दी जायेंगी राज्य सरकार ने नक्सल प्रभावित पांच जिलों औरंगाबाद गया जमुई बांका और मुजफ्फरपुर में सड़क और पुल पुलियों के निर्माण के लिए चार अरब रूपये से अधिक की राशि स्वीकृत की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस आशय का फैसला किया गया वहीं प्रदेश के विश्वविद्यालयों के शिक्षक और शिक्षकेत्तरकर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने के लिए गठित समिति के कार्यकाल को बीस दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है

सोलह फरवरी तक चलने वाली इस परीक्षा में तेरह लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल हो रहे हैं समिति के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया कि परीक्षा के लिए प्रदेश भर में एक हजार तीन सौ उनतालीस केन्द्र बनाये गये हैं उन्होंने कहा कि कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं श्री किशोर ने बताया कि परीक्षार्थी किसी भी तरह की समस्या होने पर बोर्ड के हेल्पलाईन नम्बर शून्य छह एक दो दो दो तीन शून्य शून्य शून्य नौ पर संपर्क कर सकते हैं परीक्षा भवन में परीक्षार्थियों के जूता मोजा पहनकर जाने और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक रहेगी भाजपा ने कहा है कि देश में पहली बार कोई राजनीतिक दल नये भारत के निर्माण में जन भागीदारी के आधार पर पार्टी का द्रष्टिपत्र तैयार करेगी जिससे अगले पांच वर्षो के विकास की रूप रेखा तैयार की जायेगी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने कहा कि भारत के मन की बात मोदी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत इसी उद्देश्य से की गई है उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत करने का यह अनूठा प्रयोग एक माह तक प्रे बिहार में चलेगा श्री राय ने कहा कि प्रदेश के सभी चालीस लोकसभा क्षेत्रों के सभी गांव में पार्टी के वाहन जायेंगे वाहनों में एक पेटिका रहेगी जिसमें लोग अपने सुझाव दे सकेंगे स्वतंत्रता सेनानी जगलाल चौधरी की जयंती राजकीय समारोह के रुप में मनायी गयी पटना में आयोजित समारोह में पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज नवादा के हरिश्चन्द्र स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए तीन मंजिला भवन का शिलान्यास किया इस भवन के निर्माण पर छह करोड़ तीस लाख रूपये की लागत आयेगी सिवान जिले की एक अदालत ने बहुचर्चित यूसूफ हत्याकांड मामले में पूर्व सांसद मोहम्मद शाहाबुद्दीन के नजदीकी मोहम्मद कैफ समेत सभी आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किया है खगड़िया जिले के अलौली थाना क्षेत्र के गाजी घाट गांव में भूमि विवाद में एक किशोर की हत्या से आक्रोशित लोगों ने आरोपी के घर में आग लगा दी मौके पर पुलिस के आलाधिकारी कैंप कर रहे हैं मुजफ्फरपुर जिले के अहियापुर थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में अपराधियों ने एक कोचिंग संचालक की चाकू मारकर हत्या कर दी पटना जिले के बेलछी थाना क्षेत्र के जाफरचक गांव से पुलिस ने एक हथियार तस्कर को भारी मात्रा में कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है

उत्पाद विभाग की टीम ने कटिहार जिले के कुरेठा स्टेशन पर एक ट्रेन से तीन सौ बाईस बोतल शराब बरामद की है अररिया जिले के फारबिसगंज में आयोजित दो दिवसीय कृषि यांत्रिकीकरण मेले के दूसरे दिन आज किसानों के बीच सत्रह लाख रूपये का कृषि उपकरण अनुदानित दर पर वितरित किया गया बेगूसराय जिले के सिहमा घाट पर नमामि गंगे योजना के तहत गंगा को साफ रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया

रोहतास जिले के करगहर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिरिसिया गांव के पास सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गयी औरंगाबाद जिले के देव में बारह और तेरह फरवरी को दो दिवसीय देव सूर्य महोत्सव का आयोजन किया जाएगा

और इंटरमीडिएट की परीक्षा कल से हो रही है शुरू